इस योजना से देश में विनिर्माण में तेजी लाने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराया है कल नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में श्री मोदी ने राज्यों से इस योजना का भरपूर उपयोग करने दुनियाभर से अधिकतम निवेश आकर्षित करने और कॉरपोरेट करों में कटौती का लाभ लेने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सहयोग अधिक सार्थक हो सके उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे जिलों में भी प्रतिस्पर्धा और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा दें नायडु मातृ भाषा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारत की भाषायी विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है वे अंतर्राष्ट्रीय मात भाषा दिवस के अवसर पर शिक्षा और समाज को समावेषी बनाने के लिए बहुभाषिकता के बारे में वेबिनार को संबोधित कर रहे थे श्री नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस साल शिक्षा मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र लोगों में इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चार दिन का वर्चुअल आयोजन कर रहे हैं

कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने के बाद भाजपा की सरकार बनी तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया था तब भाजपा की ओर से विधायक रामेश्वर शर्मा को विधानसभा का सामयिक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया तभी से विधानसभा प्रोटेम स्पीकर के सहारे चल रही है लेकिन बजट सत्र से पहले विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक गिरीश गौतम का नाम तय हो चुका है श्री गौतम देवतालाब विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं

इसमें देशभर के अनोखे खिलौना और कलकृति बनाने वाले कलाकार शामिल होंगे मध्यप्रदेश से भी इस अनोखे आयोजन में कई कलाकार और संगठन शामिल हो रहे हैं

जिन्होंने अपना सफर तो शुरू किया था भारत भवन में जनजातीय संस्कृति पर आधारित चित्रांकन से लेकिन कला के प्रति अपनी लगन और समर्पण से उन्हें भारत भवन में आयोजित होने वाले आयोजनों में मुख्य अतिथि बनने का गौरव भी मिला

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा जयंती पर शुक्रवार को अमरकंटक में आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की थी कि वे प्रतिदिन एक पौधा लगाएंगे